विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि इस अभियान के लिए विभाग ने संबंधित ऑयल कंपनियों के साथ संयुक्त जांच दल गठित कर लिया है साथ ही प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों जिला कलक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से विभिन्न जिलों में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग वाहनों में अनाधिकृत एलपीजी रिफिलिंग और सुरक्षा मानकों की अवेहलना के कारण दुर्घटना तथा जान माल के नुकसान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इस समस्या के निराकरण के लिए ही विभाग की ओर से यह अभियान शुरू किया जा रहा है

बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा व्यापक विचार विमर्श के बाद बढ़ाई जा रही है

आयकर रिटर्न भरने और सम्बद्ध कायों को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है

उद्घाटन समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्य अतिथि होगे जबकि पर्येटन मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा कार्यक्षता की अध्यक्षता करेंगी राज्यपाल एक विशाल मशाल प्रज्ज्वलित कर इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करेंगे इससे पहले राजस्थान फेस्टिवल मैराथन आयोजित की जायेगी इस अवसर पर राजस्थान पुलिस की ओर से टैटू शो का आयोजन पोलो ग्राउण्ड में किया जाएगा वहीं आज सुबह गुरूद्वारे में शबद कीर्तन और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई संस्कृति और पर्यटन विषय पर आज से ही अन्तर्राष्टीय लघु फिल्म महोत्सव भी शुरू हो गया है

लेकिन जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ायी जाएगी

पांच लोगों को ऐतिहात के तौर पर हिरासत में लिया गया है उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर रही है

चलते फिरते अस्पताल रूपी यह एक्सप्रेस जिले में बीस दिन तक रहेगी

हादसे में तीन अन्य घायल हो गए घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया

अजमेर डेयरी के अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं

उन्होंने बताया कि अजमेर डेयरी नयी दिल्ली मदर डेयरी के साथ भी इसी तरह का समझौता करने का प्रयास कर रही है वर्तमान में यहां से मदर डेयरी को बीस हजार लीटर दूध प्रतिदिन दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि दोनों समझौतों के बाद अजमेर डेयरी के पौने चार करोड़ लीटर सरप्लस दूध की समस्या का निदान हो जाएगा